इनमें गंगानगर बीकानेर चुरू झुंझुंनू सीकर जयपुर ग्रामीण जयपुर अलवर भरतपुर करौली धोलपुर दौसा तथा नागौर संसदीय क्षेत्र शामिल हैं

कांग्रेस भाजपा सहित अन्य पार्टियों तथा निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है राज्य में चुनाव प्रचार के लिए दिग्गज नेताओं का आना जारी है कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने आज चौमूं में सीकर प्रत्याशी सुभाष महरिया के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा

इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे

उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकारों ने अब तक किसानों के ऋण माफ नहीं किये हैं आज जयपुर में एक सवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री रुपाणी ने कहा कि कांग्रेस ने झूठे वादे करके प्रदेश में चुनाव जीत लिया लेकिन आज किसान अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहा है उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में आतंकवादी गतिविधियों बहुत कम हुई हैं

उन्होंने कहा कि देश में सशक्त सरकार बनानी है तो भाजपा को वोट करना होगा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ही देश को सशक्त सरकार दे सकते हैं

उन्होंने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर किसान कर्जमाफी के नाम पर धोखा करने का आरोप लगाया नागौर जिले के डीडवाना में श्री योगी ने एनडीए प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल के पक्ष में चुनावी सभा की उन्होंने कहा कि भाजपा ही देश की रक्षा कर सकती है और केन्द्र में भाजपा की सरकार होगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा आतंकवादी संगठनों पर रोक लगेगी उन्होंने कोटपूतली में पार्टी प्रत्याशी राज्यवर्द्वन राठौड़ के समर्थन में भी चुनाव सभा को सम्बोधित किया

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि नोटबंदी के कारण देश को बडा आर्थिक नुकसान हुआ उन्होंने आरोप अगाया कि भाजपा जिन मुददों को लेकर सत्ता में आयी उनमें से एक भी पूरा नहीं किया श्री शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने मनरेगा शिक्षा का अधिकार और खाद्य सुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण योजनाए दी हैं

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कल एक बार प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और भरतपुर में पार्टी के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का कल झुन्झुनूं में एक जनसभा करने का कार्यक्रम है केन्द्रीय मंत्री सुषमा स्वराज भी कल जयपुर में विजय संकल्प संवाद को सम्बोधित करेंगी

इस अवधि में जवाब नहीं देने की सूरत में आयोग अपनी तरफ से कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा इस बीच उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की सभी नौ शिकायतों पर छह मई तक फैसला देने का गुरूवार को चुनाव आयोग को निर्देश दिया

हमारे संवाददाता ने बताया कि इस सीट पर चिर प्रतिद्वंद्वी पार्टियों कांग्रेस और भाजपा बीच मुकाबले की संभावना है और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास कर रहे हैं

ये एकेडमी स्काउट गाइड प्रशिक्षण केन्द्र परिसर में स्थापित की जाएगी

वे पिछले पांच साल से वहां की जेल में बंद थे भारतीय द्रतावास की ओर से बताया गया है कि जुगराज वाघा बॉर्डर होते हुए अमृतसर पहुंच गए हैं जहां उन्हें रेडकॉस के कार्यालय में रखा गया है

अलवर के पडीसल रेलवे स्टेशन पर आज सुबह शताब्दी ट्रेन की चपेट में आने से रेलवे के एक कर्मचारी की मृत्यु हो गई यह कर्मचारी रेलवे स्टेशन पर पटरियों पर काम कर रहा था

इंजिनियर को बचाने गए श्रमिक की भी तबियत खराब हो गई और उसे बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है